यह विकास की गति को तेज करने और कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष की श्रूआत पर जारी रहेगा

सांस अभियान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी विशेष अभियान सांस यानि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ट् न्यूट्रीलाइज निमोनिया सक्सेसफ्ली का श्भारंभ किया

मिंटो हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय अभियान की विस्तृत रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण भी किया गया

लोक सेवा प्रसारक की भ्रमिका को ध्यान में रखते हए आकाशवाणी ने पिछले वर्ष मार्च में एक विशष लोक संवाद कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रंखला श्रू की थी

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को डिजिटल एवं लोक माध्यम के लिये शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा

वॉल पेंटिंग पंचायतों के माध्यम से करवाई जा रही है

जिसमें ईडब्ल्यूएस भवनों के हितग्राहियों को बैंक लोन एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में जानकारी दी जाएगी